कोरोना वैक्सीनेशन कोरोना के टीकाकरण के लिए कल राजधानी भोपाल के तीन टीकाकरण केन्द्रों पर पूर्वाभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न हो गया राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने गोविंदपुरा स्वास्थ्य केन्द्र में टीकाकरण प्रकिया का अवलोकन किया उन्होंने वैक्सीनेशन कार्य में लगे अधिकारियों से चर्चा भी की गौरतलब है कि कोरोना टीकाकरण के पूर्वाभ्यास के लिए भोपाल के गांधीनगर स्वास्थ्यकेंद्र गोविंदपुरा और एलएन मेडीकल कालेज कोलार क्षेत्र में टीकाकरण केन्द्र बनाये गये थे

उधर देश में भी कल कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास बिना किसी अवरोध के संपन्न हो गया

प्रत्येक जिले में कम से कम तीन स्थानों पर पूर्वाभ्यास किया गया जिनमें जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज निजी स्वास्थ्य केंद्र और ग्रामीण या शहरी संपर्क स्थल शामिल थे

इसके जरिये पर्यावरण के क्षेत्र में आयोजना कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग के क्षेत्र में ब्लॉक जिला और राज्य स्तर पर को विन अप्लीकेशन के इस्तेमाल की संभाव्यता का मूल्यांकन करने के भी प्रयास किये गये को विन सॉप्टवेयर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विकसित किया जा रहा है जो वैक्सीन के स्टॉक भंडारण तापमान और टीके के लाभार्थियों की पहचान के बारे में वास्तविक समय पर जानकारी प्रदान करेगा यह सभी स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों की सहायता करेगा इसके जरिये पूर्व पंजीकृत लाभार्थियों के लिए स्वचालित सत्र आवंटित किये जा सकेंगे

पीएम स्टार्टअप प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदी ने कहा है कि आज के स्टार्टअप्स ही कल की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं श्री मोदी ने कल ओडिसा में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम संबलपूर के स्थायी परिसर की आधारशिला वर्चुअल माध्यम से रखते हुए यह बात कही प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें बदलते वक्त के अनुसार केवल उसके साथ बल्कि उससे भी तेज गति से चलना होगा उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड संकटके दौरान चुनौती को अवसर में बदलते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रबंधन क्षेत्र से जुडे लोगों को अग्रणी भूमिका निभानी होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि संबलपुर का आईआईएम परिसर ओडिसा को प्रबंधन के क्षेत्र में नई पहचान दिलायेगा पीएम रेटिंग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अमरीका की एक शोध कंपनी ने सर्वाधिक लोकप्रिय शासनाध्यक्ष बताया है

यह विश्व के किसी अन्य नेता की रेटिंग से अधिक है

समारोह की शुरुआत थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म ऐनदर राउंड से होगी कान फिल्मोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता प्ररस्कार विजेता मैड्स मिकेलसन अभिनीत यह फिल्म गोवा में प्रदर्शित की जा रही फिल्मों की एक बेहतरीन प्रस्त्रति है यह फिल्म भी ऑस्कर में डेनमार्क की आधिकारिक प्रविष्ट है फिल्मोत्सव को पहली बार हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है इसमें ऑनलाइन और इन पर्सन दोनों अनुभव शामिल होंगे

इस फिल्मोत्सव में मेहरुनिसा का विश्व प्रीमियर भी देखने को मिलेगा संदीप कुमार की इस फिल्म का प्रीमियर समारोह के बीच में होगा

वे नेशनल एटॉमिक टाइमस्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित करेंगे और राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखेंगे इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी उपस्थित रहेंगे

भारतीय निर्देशक द्रव्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशालाओं में जांच और मापांकन में सहयोग कर रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला परिवेशी वायू और औद्योगिक उत्सर्जन निगरानी उपकरणों के प्रमाणीकरण में आत्मनिर्भरता में सहायता करेगी

सम्मेलन का विषय है राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए माप पद्धति